गया औरंगाबाद और भभूआ समेत पांच जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

सी बी एस ई की दसवीं की परीक्षा इक्कीस फरवरी से होगी शुरू

पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है मौसम विभाग ने गया औरंगाबाद भभुआ रोहतास और नवादा में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान शीतलहर का अलर्ट जारी किया मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से चार दशमलव पांच डिग्री तक कम हो सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और हवाओं के लगातार दक्षिण पश्चिम की ओर से चलने के कारण ऐसी परिस्थति बनी है उधर कल गया शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा शिमला का न्यूनतम तापमान चार दशमल तीन डिग्री था जबकि गया में चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना में ठंड ने दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जहां न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि मुजफ्फरपुर का ग्यारह तथा भागलपुर और पूर्णियां का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रहा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है बारहवीं कक्षा की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से तीन अप्रैल तक और दसवीं की इक्कीस फरवरी से उनतीस मार्च तक चलेगी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा कार्यक्रम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन से डाउनलोड किया जा सकता है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार स्कूली पाठ्यक्रम चरणबद्व ढंग से कम कर रही है उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को प्रायोगिक ढंग से सीखने और खेल कूद के लिए जरूरी समय मिल सकेगा पुणे के पास एक स्कूली समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पहले पाठ्यक्रम में दस प्रतिशत और इसके अगले वर्ष बीस प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि देशभर के स्कूलों में बच्चों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए लगभग तीन हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि पूर्वी चम्पारण जिले के पीपराकोठी में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता कोन्द्र की स्थापना की जायेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस योजना पर लगभग उनचालीस करोड़ रूपये खर्च करेगी जिससे किसान देशी गायों से ही दूध उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित कर सके श्री सिंह ने कहा कि यहां उच्च आनुवांशिक क्षमता से लैस गायों के लिए अत्याध्रनिक शेड बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के स्थापित होने के बाद पशुओं के नस्ल सुधार की दिशा में काम किया जायेगा प्रदेश के नौ स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जायेगा बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल को राज्य के मॉडल हड्डी अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने बताया कि दरभंगा मुजफ्फरपुर पूर्णियां गया सासाराम मधेपुरा किशनगंज गोपालगंज और झंझारपुर में बनने वाले इन ट्रॉमा सेन्टरों के निर्माण में केन्द्र सरकार सहयोग कर रही है निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनने वाले इन केन्द्रों पर जीवन रक्षक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु वायुसेना के दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमानन सेवा शुरू करने के लिये आज एयरपोर्ट के आंतरिक टर्मिनल और रनवे का शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे एयरपोर्ट के निदेशक राजेन्द्र सिंह लाहोरिया ने बताया है कि वर्तमान एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई बढ़ाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और परिसर में यात्रियों की क्षमता के अनुसार कार पार्किंग और टर्मिनल भी बनाए जाएंगे जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि फिलहाल वायुसेना की जमीन पर एक सौ इक्कीस करोड़ की लागत से स्थायी टर्मिनल निर्माण के लिये जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से पूरे उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेप्रा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कहा कि छात्र छात्राएं अपने ज्ञान का उपयोग देश के उत्थान के लिए करे श्री टंडन ने उनचालीस टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पांच सौ विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण करने के बाद कहा कि वर्तमान समय के युवा फिर से देश को विश्व गुरू बना सकते हैं उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी नहीं है श्री टंडन ने कहा कि विश्व स्तर पर हो रहे बदलाव के साथ कदम ताल करते हुये अपने जड़ों से जुड़े रहने की जरूरत है बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा थोकमे सांगपो के सैंतीस प्रैक्टीसेस ऑफ बोधिसत्व और धर्मकीर्ति की प्रमाणवर्तिका पर विशेष प्रवचन देगें यह प्रवचन छब्बीस दिसम्बर तक चलेगा रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रूप में बिहार के खिलाड़ियों ने नगालैंड के खिलाफ वापसी करते हुये एक सौ छियानवे रनों की बढ़त बना ली है दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार की टीम दूसरी पारी में तीन विकेट पर दो सौ पचपन रन बना चुकी है वहीं नौवीं राज्य सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेलवे की टीम ने पटना को शून्य के मुकाबले चार गोलों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया उधर पच्चीसवीं बिहार राज्य सब जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता तेरह से पन्द्रह जनवरी के बीच वैशाली जिले में खेली जायेगी कैमूर जिले के भगवानपूर थाना हाजत से शराब मामले में गिरफ्तार एक आरोपित थाना हाजत से फरार हो गया पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के हरिहर डिहरा गांव के पास तेल टैंकर और एक सवारी गाड़ी के बीच हुयी टक्कर में दो लोगो की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य घायल हो गये गया जिले की पूलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने मामले में चोरी की पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की है लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के करगिल मोड़ से पूलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछतछ कर रही है अररिया जिले में अवैध रूप से चौबीस लाख पन्द्रह हजार नेपाली रूपये लेकर जा रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन से पूछताछ की जा रही है आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है प्रदेश के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से लेकर जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है प्रदेश में पॉलीथिन थैलियों पर प्रतिबंध लागू होने के बाद पुलिस ने इसका उपयोग करने वालो से लगभग चार लाख चालीस हजार रूपये जुर्माना वसूला है सबसे अधिक पटना जिले में जुर्माना वसूला गया और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के सीट बंटवारे की खबर को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कंगनघाट से भद्र घाट के बीच बनेगी नई सड़क को पहली सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से खबर बनाते हुए लिखा है डॉक्टर दिमाग के साथ दिल से भी करें इलाज प्रभात खबर ने अपने बच्चो को बचाइए स्मार्टफोन की लत उन्हें बना रही बीमार को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने पटना का जोश देखकर जीप से उतर दौड़ने लगी फातिमा को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार आज ने लहरायेगा बिहारी छात्र छात्राओ का परचम की खबर को बड़ी खबर बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार गया औरंगाबाद और भभुआ समेत पांच जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

सी बी एस ई की दसवीं की परीक्षा इक्कीस फरवरी से होगी शुरू